राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जिला किन्नौर के प्रबुद्ध लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनीं ज़िले की समस्याएं आगामी सेब सीज़न को लेकर तैयारियां पूरी करने के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री राज्य सरकार मौजूदा शैक्षणिक अधोसंरचना की मजबूती पर विशेष ध्यान देने के साथ विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनवद्व है ताकि उन्हें प्रदेश में ही उच्च शिक्षा प्राप्त हो और वे अपनी क्षमता के अनुसार राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतिर्स्पधाओं में भाग ले सकें ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही उन्होंने कहा कि सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के समग्र विकास के लिए रूसा के अंतर्गत राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन किया है उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय मंडी की स्थापना रूसा के दिशा निर्देशों के अनुसार की गई है

जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाओं को अक्षरश लागू करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सकें इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश विभिन्न स्कूलों में कार्यरत पीटीए पैट और पैरा शिक्षकों के नियमितिकरण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज जनजातीय जिला किन्नौर के प्रबुद्ध लोगों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की इस दौरान किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने राज्यपाल को लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी किन्नौर जिला परिषद के अध्यक्ष टाशी यगजेन नेगी ने दूर संचार नेटवर्क सुनिश्चित बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया ताकि विद्यार्थियों को ऑनलाईन शिक्षा ग्रहण करने में आ रही समस्या से निजात मिल सके वार्तालाप के दौरान जिले के प्रबुद्ध लोगों ने कई मांगे रखीं

राज्यपाल ने इस दौरान लोगों द्वारा रखी गई मांगों को सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अवैध कटान मामलों में कड़ी कार्रवाई करने और संवेदनशील नाकों पर लगी चैक पोस्ट को आधुनिक बनाने के निर्देश भी दिए नीरज भारती देशद्रोह मामले में गिरफ्तार पूर्व सीपीएस व कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती को आज काईम ब्रांच ने शिमला की जिला व सत्र अदालत में पेश किया

बचाव पक्ष ने एक सप्ताह के रिमांड का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बनाया गया मामला बताया वहीं दूसरी ओर भाजपा ने नीरज भारती के खिलाफ की गई कार्रवाई को सही कदम बताया पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भारतीय सेना के खिलाफ सोशल मीडिया में नीरज भारती द्वारा की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की उन्होंने कहा कि नीरज भारती लंबे समय से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे और अब देश की सेना का सोशल मीडिया पर विरोध कर उन्होंने संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है अवैध खनन मुख्यमंत्री कार्यालय में लोगों की ऑनलाईन शिकायत के बाद चम्बा जिला प्रशासन ने उदयपुर क्षेत्र में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है अवैध खनन को रोकने के लिए इस क्षेत्र में एक गेट लगाया गया है जिससे कोई भी बड़ा वाहन नदी किनारे नहीं जा पाएगा कार्रवाई को अंजाम देने के बाद चम्बा के एसडीएम प्रताप सिंह ने बताया कि नियमों का उल्लघंन करने पर प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी

उन्होंने कहा कि मौसम की मार झेल रहे बागवानों को पहले से ही ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है

उन्होंने सेब के विपणन की उचित व्यवस्था करने और नेपाली लेबर को भी यहां लाने की लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता जताई जयराम आगामी सेब सीजन की तैयारियों को लेकर आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में एक बैठक हई

जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को सेब सीजन से पहले सड़कों की दशा सुधारने सहित बागवानों की सुविधाओं के मददेनजर ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा धीमान वैश्विक कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार उचित कदम उठा रही है

उन्होंने कहा कि इन वेंटिलेटर्ज़ को प्रदेश के सभी मैडिकल कॉलेजों ज़िला अस्पतालों और कोविड से संबंधित अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित किया जा रहा है धीमान ने कहा कि इससे कोरोना संक्रमित लोगों के उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों को और बल मिलेगा

उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के शस्त्र जब्त कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी एनपीएस हिमाचल प्रदेश के एनपीएस के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पुरानी पैंशन प्रणाली बहाल करने का आग्रह किया है एनपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान करके पुरानी पैंशन बहाल करें नियुक्ति प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी डॉ अजय भंडारी को राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्ति किया है

नमस्कार